समारोह को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

स्वागत इस बीच अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मनाली पहुंचे सासे हैलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया राजनाथ सिंह ने सुरंग के उत्तर और दक्षिण छोर का दौरा कर लोकार्पण समारोह के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लैफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने अटल टनल की विशेषताओं की जानकारी दी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे श्रद्वांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आज श्रद्वांजलि अर्पित की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और धर्म को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपनाया था बाद में राज्यपाल ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्दांजलि दी इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने उन्हें सादगी शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों से जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखने की अपील की है ताकि सभी लोगों खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके

इस अभियान के तहत न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी बल्कि पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से लाहौल की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति आएगी उन्होंने कहा कि सुरंग खुलने के बाद परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को सालभर अपना उत्पाद मण्डियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी जिससे उन्हें इसके उचित दाम मिल सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सुरंग से लाहौल स्पीति में कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अटल टनल रोहतांग के बनने पर प्रदेश के लोगों विशेषकर लाहौल स्पीति वासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि इस सुरंग से जिले के लोगों को साल भर आवागमन में सुविधा होगी वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये सुरंग देश की रक्षा व सुरक्षा में भी मददगार साबित होगी